आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद येडीयुरप्पा ने विश्वास मत पेश किया इसके बाद कांग्रेस नेता सिद्व रमैया और पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने इस पर अपनी प्रतिकिया दी सिद्ध रमैया ने विश्वास मत का विरोध किया अंत में येडीयूरप्पा सरकार की ओर से ध्वनिमत के जरिये बहुमत साबित कर दिया गया

यह दिन हर साल बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के सरंक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संगठित प्रयासों के कारण वर्तमान में भारत में विश्व की तुलना में बाघों की संख्या सर्वाधिक है बाघों के लिये विश्व प्रसिद्व रणथम्भौर अभ्यारण्य वाले सवाईमाधोपुर जिले में भी आज विश्व बाघ दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

बाघ जनगणना के परिणाम हर भारतीय नागरिक को ख्श करेंगे

गौरतलब है कि कवरेज सैम्पलिंग और कैमरा ट्रैपिंग के संदर्भ में बाघ आकलन विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण हैं

उन्हें पट्टा देने के बारे में सरकार कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है आज विधानसभा में एक ताराकित प्रश्न के जवाब में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सरकार ने अभय कमाण्ड सेन्टर बना रखे है जिस पर कोई भी पीडित सूचना दे सकता है

देश के अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में यह काम अगस्त और सितंबर में शुरू होगा गणना का काम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करा रहा है

फील्ड कार्य दिसम्बर तक पूरा किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम अगले वर्ष मार्च तक उपलब्ध हो सकेंगे यह गणना देश में विस्तृत असंगठित क्षेत्र के बारे में आंकड़े एकत्र करने का एकमात्र स्रोत है

दर्शन के लिये श्रद्वालू सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे है राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुम्भलगढ की दुर्गम पहाडियों में स्थित और मेवाड के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्व भगवान परशुराम महादेव गुफा मंदिर में रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं की कतारे लगी हुई है

उधर सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड में स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह विशेष पूजा और दुग्धाभिषेक किया गया

इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

जयपुर में आज सुबह कुछ स्थानो पर हल्की बारिश हुई लगातार हो रही बारिश के चलते बीसलपुर बांध में पानी पहंचना शुरू हो गया है

इधर बूंदी जिले में तेज बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त है शहर की कई बस्तियां जलमग्न है वहीं कई बांध लबालब हो गये है और उन पर चादर चल रही है